पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का परिणाम घोषित

और प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने बारिश की जतायी है आशंका

छापेमारी के दौरान निबंधक के घर में रखे तीस लाख रुपये कालाधन भी ब्यूरो को मिले हैं आरोपी रजिस्ट्रार संजय कुमार गवलिया के खिलाफ तिरपन लाख पैंसठ हजार रुपये और प्रवर्तन निरीक्षक श्यामनंदन प्रसाद पर इकहत्तर लाख इक्कीस हजार रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है ब्यूरो ने छापेमारी के दौरान निबंधक के घर से लगभग साढ़े अड़तीस लाख रूपये और प्रवर्तन निरीक्षक के निवास से पांच लाख रूपये बरामद किये हैं इसके साथ ही करोड़ों रूपये की चल और अचल संपत्ति के कागजात को भी ब्यूरो ने जब्त किया है दोनों अधिकारियों के यहां निगरानी विभाग के दो डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी के लिये अलग अलग टीमों का गठन किया गया था पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया है जिसमें जन अधिकार छात्र परिषद के मनीष कुमार ने अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की प्रियंका श्रीवास्तव ने महासचिव पद पर जीत हासिल की है अध्यक्ष पद पर निर्वाचित जेएसीपी के मनीष कुमार को दो हजार आठ सौ पंद्रह वोट मिले वहीं छात्र राजद के निशांत कुमार उपाध्यक्ष जाप छात्र परिषद के आमिर रजा संयुक्त सचिव और आइसा की कोमल कुमारी कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित की गयी हैं इस बार छात्र जदयू को एक भी सीट नहीं मिल सकी परिणामों की घोषणा के बाद विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने मतगणना स्थल पर ही जश्न मनाया छात्र संघ चुनाव में जेएसीपी और एआइएसएफ ने गठबंधन कर उम्मीदवार उतारे थे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था को मजब्रती देने के लिए आयकर दरों को तर्कसंगत बनाने सहित कई उपाय कर रही है नई दिल्ली में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कर छूट हटाने समेत कराधान प्रणाली को और सरल बनाना है उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अगस्त और सितंबर महीने में कई उपाय किए हैं वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि करदाताओं को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने दूर दराज के इलाकों में उपभोग बढ़ाने के लिए पिछले दो महीनों में करीब पांच लाख करोड़ रुपए वितरित किए हैं पटना के खाजेकलां थाना पुलिस ने आठ हजार रूपये नकली नोट के साथ तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है सिटी एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गये अपराधियों के पास से दो स्वचलित पिस्टल एक देशी सिक्सर तेरह जिंदा कारतूस एक एयरगन और दो बाईक भी बरामद किये गये हैं गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है राज्य के सतहत्तर हजार स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग दो करोड़ बच्चों को मिलने वाली पोशाक साईकिल और छात्रवृति राशि सीधे उनके खाते में भेजी जायेगी शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि पहले योजनाओं की राशि जिलों को दी जाती थी उसके बाद वह छात्रों के खातों में भेजी जाती थी श्री वर्मा ने कहा कि अब यह राशि राज्य स्तर से ही सीधे छात्रों के खाते में भेज दी जायेगी उन्होंने कहा कि इसी माह से राशि भेज दिये जाने की संभावना है पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब मैदानी हिस्सों में भी दिखायी दे रहा है इससे दिन में भी ठंड महसूस की जा रही है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुये कहा है कि इसके कारण वे मौसम बारिश भी हो सकती है विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम अरब सागर में सक्रिय सिस्टम चक्रवात में बदल गया है जिसके कारण मैदानी क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है विभाग ने कहा है कि राज्य में बारह दिसंबर तक तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है पटना का तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया जबकि गया और पूर्णिया का तापमान भी सामान्य से अधिक रहा पटना सिविल कोर्ट के एक दिवानी अदालत ने राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यालयों को जब्त करने का नोटिस जारी किया है न्यायालय ने विभाग के खिलाफ लगभग पचास लाख रूपये बकाया रहने पर यह कार्रवाई की है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेंट्रल टीचर एलिजिबलिटी टेस्ट सीटीईटी परीक्षा में आज राज्यभर से लगभग चौवन हजार परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं पटना सहित उनतीस शहरों में परीक्षा का केंद्र बनाया गया है अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र से कस्टम विभाग ने इक्यावन लाख रूपये की सुपारी जब्त की है इस मामले में दो लोगों को पकड़ा गया है औरंगाबाद जिले में नहर में बाईक के गिर जाने से दो युवकों की मौत हो गयी जबकि एक घायल हो गया नवादा जिले में पुलिस ने सांप बेचने वाले छह लोगों को गिरफ्तार किया है अररिया जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा सुनाई है दोषी पर पचास हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद पर उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा है प्रमाण पत्र एक सप्ताह के अंदर नहीं जमा करने वाले प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की जायेगी बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लाईसेंस को निलंबित किया जायेगा परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह निर्देश सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को दिया गया है सचिव ने कहा कि सड़क सुरक्षा निमयों की जांच के दौरान सात सौ छियालीस वाहन चालकों से लगभग सवा नौ लाख रूपये वसूले गये हैं राज्य सरकार ने धान की कुटाई के लिये गैसीफायर आधारित चावल मिलों के स्थान पर बिजली चालित इक्यावन मिल लगाने का निर्णय किया है मिलों में धान सुखाने के लिये ड्रायर मशीन भी लगायी जायेगी इन मिलों की क्षमता गैस चालित मशीनों के मुकाबले दोगुनी होगी पटना के मनेर में खेली जा रही बिहार सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता के पहले दिन कैमूर सारण सीवान और गया ने अपने अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया है छियालीसवीं बिहार राज्य जूनियर बालिका कबड्डी आज से सीतामढ़ी में शुरू हो रही है सत्तरवीं मोईनुलहक कप राज्य फुटबॉल प्रतियोगिता आज से बांका में खेली जायेगी प्रतियोगिता में चालीस टीमें भाग ले रही हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अवर निबंधक और प्रवर्तन दारोगा के यहां आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है अवर निबंधक के ठीकानों पर छापे अड़तीस लाख मिले दैनिक जागरण ने उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता मामले पर शीर्षक दिया है दुष्कर्म पीड़िता की मौत से उत्तर प्रदेश में उबाल दैनिक भास्कर ने पटना विश्वविद्यालय में हुये छात्र संघ चुनाव को बड़ी खबर बनाते हुये लिखा है जेएसीपी के मनीष अध्यक्ष एबीवीपी की प्रियंका महासचिव बनी प्रभात खबर ने देश के मुख्य न्यायाधीश के हवाले से लिखा है बदले की भावना से किया गया न्याय इंसाफ नहीं आज अखबार की बड़ी खबर है एनकाउंटर के खिलाफ याचिका

पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ च्रनाव का परिणाम घोषित

और प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने बारिश की जतायी है आशंका